मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये मिशन मोड पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के बाद देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर पर काफी सुधार आयेगा उन्होंने कहा कि यह साल पूरी दुनिया के लिये स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का वर्ष रहा है प्रधानमंत्री ने आज वोडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष का यह अंतिम दिन भारत के कोरोना योद्वाओं को याद करने का दिन है बाइट आज देश उन साथियों को उन वैज्ञानिकों को उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं आज का दिन उन सभी साथियों की सराहना का है जिन्होंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में पूरे समर्पण के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत समाज का सेवा भाव समाज की संवेदनशीलता उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से उन गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है जो पैसे की कमी के कारण अच्छा उपचार नहीं करा पाते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और कोविड टीका लगाने की तैयारियां जार शोर से जारी है बाइट कोरोना से पीडित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है

वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं दूनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने को लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं

बैठक में विभिन्न परियोजनाओं कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई इसमें रेल मंत्रालय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुडो परियोजनाओं के बारे म विचार विमर्श किया गया लगभग एक लाख करोड़ रुपये की यह परियोजनाएं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र दिल्ली हरियाणा गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली समेत दस राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही हैं बैठक के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का तेजी से व्यापक समाधान सुनिश्चित किया जाए जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनके संबंध में प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों का जल्द समाधान करें और लक्ष्यों को निर्धारित तिथियों तक पूरा करें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत योजना में शत प्रतिशत नामांकन का प्रयत्न करना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही जनपद में कारपेट एक्सपो मार्ट और अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा जनपद के कारपेट को अतंर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिये इस कारपेट बाजार का निर्माण किया गया है इसके माध्यम से स्थानीय उद्यमियों तथा कारोबारियों को अपने उत्पादों की बिक्री तथा प्रदर्शन की सुविधा प्राप्त होगी उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसमें भदोही का कालीन उद्योग भी शामिल है मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब तथा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद दिया और कहा कि इससे लगभग एक लाख रोजगार सूजित होंगे और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी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

इसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड पर कृषि किसान कल्याण पर केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि अधिनियमों की जानकारी एवं उनके लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया जाये बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने नगरीय इलाकों में स्मार्ट सिटी तथा अमृत योजना के तहत कराये जा रहे कार्यो को तेजी से पूरा कराने और गो आश्रय स्थलों पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये

अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नव वर्ष सभी के लिये सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो एक शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिये गंभीरता से कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिये अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिनसे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर निरन्तर बेहतर हो रहा है

उन्होंने बताया कि कोविड के नये संक्रमण से लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है वैक्सीन के संबंध में सभी तैयारियां की जा रही है

आकाशवाणी के लिये उनके द्वारा बनाई गई सैकड़ों संगीत रचनाएँ बेहद लोकप्रिय हुई हैं